सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के परिणाम घोषित झारखड के परीक्षार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्षन मौसम विभाग ने पांच जिलों पाकुड़ पलामू साहेबगंज जामताड़ा और गढ़वा के लिए जारी किया रेड अलर्ट भारी बारिष का अनुमान भाजपा ने राज्य सरकार से आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर झारखंड बनाने का अनुरोध किया झारखंड में आज चौदह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार तीन सौ सतहत्तर हो गयी है इस सप्ताह बड़ी संख्या में मामलों के सामने आने के बाद राज्य में रिकवरी दर घटकर पैंसठ प्रतिशत रह गई है

रामगढ़ जिले में आज एक डॉक्टर समेत चार लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई जबकि पलामू और गुमला जिले से भी चार चार और जामताड़ा तथा रांची से एक एक नये कोरोना संक्रमित की पहचान हई इधर संक्रमण के अधिकतम प्रसार वाले छह जिलों ने धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दिया है और रात्रि कर्फ़यू के समय को बदल कर शाम नौ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए कर दिया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा निर्गत निर्देश के तहत रात्रि दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता है उपायुक्त ने कहा कि जिस समय लोग बाहर आ कर अपना काम करते हैं उस समय मास्क पहनना अनिवार्य है

काउंसिल ने कहा कि दसवीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निन्नायब्बे दशमलव तीन चार प्रतिशत है तथा बारहववीं कक्षा के कुल छियानब्बे दशमलव आठ चार प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं ये वर्ष बहुत कठिन वर्ष रहा है इसलिए मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करने की जानकारी सीआईएससीई ने दी

इंटरनल परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो वह पुनः परीक्षा दे सकता है जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी परीक्षा में झारखंड के भी परीक्षार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्षन किया है झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आठ जुलाई को जारी मैट्रिक परीक्षाफल दो हजार बीस में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्षन किया है विभाग द्वारा संचालित उनसठ आवासीय उच्च विद्यालयों में से झारखंड बोर्ड अंतर्गत संचालित चौवन आवासीय उच्च विद्यालयों के एक हजार छह सौ साठ छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थीं इनमें से नब्बे प्रतिषत से अधिक छात्र छात्राओं ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में सत्तर प्रतिषत प्रथम श्रेणी से सफल हुए है रांची के जेल रोड स्थित पिछड़ी जाति आवसीय प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा भारती कुमारी छियानब्बे दषमलव दो प्रतिषत अंक के साथ विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त की है जबकि राज्य स्तर पर वह नवम स्थान पर रही हैं विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हए कहा कि बच्चों ने अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज स्पीक अप स्टडेंटस के माध्यम से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बताया कि स्कूल कॉलेज विष्वविद्यालय इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और अन्य वोकेशनल कोर्स में गरीब और निम्न मध्यमवर्ग परिवार के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पिछले छह महीने के दौरान लॉकडाउन में व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई है ऐसे में षिक्षण संस्थान और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सहायता मुहैय़या कराने की जरूरत है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

गढ़वा जिले में गरीबों के राशन का लाभ लेने वाले अयोग्य लाभुकों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है

एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में दो लाख बावन हजार राशन कार्डधारी हैं इसमें से बीस प्रतिशत लगभग अयोग्य लाभुक हैं

हजारीबाग में भी इस योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए तीन दिवसीय प्रषिक्षण की व्यवस्था की गयी है कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में प्रषिक्षण लेने आयी प्रवासी महिला कामगार शर्मिला देवी ने बताया कि वह पति के साथ मुंबई में रहती थी अब लॉकडाउन में गांव आ गई है

झारखंड में मॉनसून सकिय है रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के पांच जिलों पाकड पलाम साहेबगंज जामताडा और गढवा के लिए रेड अलर्ट जारी कर आज शाम भारी बारिष की संभावना जतायी है इस दौरान कुछ स्थानो पर वजपात की भी आषंका जतायी गयी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सषक्त संकल्प ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत की नई पहचान है दीपक प्रकाष ने आज रांची स्थित प्रदेष कार्यालय से ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान अंत्योदय से सर्वोदय का अभियान है जिसमें गांव गरीब किसान मजद्र की मजबुती के साथ मजबुत समर्थ और स्वाभिमानी भारत बनाने का संकल्प है उन्होंने कहा कि यह अभियान वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान है जो देश के स्थानीय उद्यमियों और व्यावसायियों को सशक्त बनाएगा देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा प्रदेष भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अभियान को लेते है उसे पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने में जुट जाते है उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार से आत्म निर्भर भारत अभियान में आत्मनिर्भर झारखंड बनाने की दिशा में सार्थक और प्रभावी पहल करने की मांग करती है

किशोरी को गढ़वा सीडब्लूसी द्वारा पिछले दिनों लाया गया था बालिका गृह से केवल लॉकडाउन अवधि में लड़कियों के भागने की यह तीसरी घटना है पाक्ड़ जिले की पुलिस कोयला चोरी करने वालों के खिलाफ छापामारी अभियान चला रही है इसी कम में आज पाकड़ अमड़ापाड़ा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर लगभग दो सौ टन कोयला जब्त किया खूंटी जिले के मुरह थाना क्षेत्र के बालगी गांव में रहने वाले एक वृद्ध का शव आज जंगल की खाई से बरामद किया गया